विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों से अपने क्षेत्र से संबंधित अधिक से अधिक सवाल पूछने का किया आग्रह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

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि यह व्यवस्था टोल प्लाजा पर शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने प्रतीक्षा समय को घटाने ईंधन की बचत करने और यात्रियों को टोल प्लाजा से आसानी से निकलने की सुविधा के लिए की गई है

मंत्रालय एम और एन श्रेणी के वाहनों में इस वर्ष पहली जनवरी से फास्टैग अनिवार्य कर चुका है एम श्रेणी में यात्री वाहनों को रखा गया है जबकि एन श्रेणी में मालदुलाई वाले वाहन आते हैं ऐसे वाहनों में कुछ व्यक्ति भी यात्रा कर सकते हैं सुरेश भारद्वाज प्रदेश सरकार द्वारा ज़िला शिमला में कल्याण विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभ प्रदान करने में लगातार बढ़ोतरी की गई ताकि अधिक लोगों को इसका फायदा हो सके ये बात शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में ज़िला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही

इसके अलावा उन्होंने अनुसुचित जाति उपयोजना की जिलास्तरीय मुल्यांकन एवं समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की राजेन्द्र गर्ग बिजली की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हिम ऊर्जा विभाग के माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये बात खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के तहत देहरा के कोट गांव में सौ किलोवॉट सोलर प्लांट का उदघाटन करने के बाद कही उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा प्लांट लगने से जहां प्रदेश में इस ऊर्जा की बढ़ोतरी होगी वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा

बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने जसवां परागपुर में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की उन्होंने नाबार्ड विभिन्न ग्राम सड़क योजनाओं अन्य सड़क निर्माण योजनाओं और विभिन्न भवनों के निर्माण कार्यो की समीक्षा की

उन्होंने अधिकारियों को डाडासिबा और रक्कड़ में संयुक्त कार्यालय व कोटला बेहड़ डिग्री कॉलेज के निर्माण कार्यो को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए उद्योग मंत्री ने अमलेहड़ में लोगों से संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और आधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया इस दौरान उन्होंने कोटला बेहड़ स्कूल में बनी व्यायाम शाला का भी उद्घाटन किया

उन्होंने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आम लोगों का जीवन खुशहाल बनाया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में नगर निकाय व पंचायत चुनाव में अधिकतर जन प्रतिनिधि भाजपा समर्थित चुन कर आए हैं परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री का अच्छा शासन धरातल पर दिखे का संदेश लोगों के दिलों में घर कर रहा है उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को कर्मचारी हितैषी सरकार करार दिया जबकि कांग्रेस में नेतृत्व नीयत और नियती की कमी बताया

डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात से इन्कार किया कि देश में कोविड टीकाकरण के कारण कोई मृत्यु हुई है

गोविंद ठाक्र हमीरपुर के नेरी में ठाकर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान और कला संस्कृति व भाषा अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय ठाकर राम सिंह जयंती कार्यक्रम आज सम्पन्न हो गया

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा कि इतिहास को उजागर करने में ठाक्र राम सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उन्होंने शोधार्थियों से भारतीय दृष्टि से शोध परक कार्य कर इतिहास के छपे तथ्यों को समाज के समक्ष उजागर करने का आग्रह किया

हमीरपुर और लाहौल स्पीति अब कोरोनामुक्त ज़िले बन गए हैं

क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी अनिल दत्त शर्मा ने बताया कि ये जागरूकता अभियान मुख्य चिकित्सा कार्यालय शिमला के सहयोग से शिमला और उसके आसपास के क्षेत्रों में आगामी पांच दिन तक चलाया जा रहा है उन्होंने कहा कि आज शिमला के सीटीओ में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो शिमला ने नुक्कड़ नाटक व सांस्कृतिक कार्यक्रम के ज़रिए लोगों को जागरूक किया कलाकारों ने कोरोना वैक्सीन के बारे में फैली भ्रांतियों से दूर रहने और वैक्सीन के सुरक्षित होने का संदेश दिया हथकरघा राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में हिमाचल प्रदेश हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है उन्होंने कहा कि निगम प्रदेश में कई परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जिनके माध्यम से हजारों बुनकरों और शिल्पियों को प्रशीक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है

राजीव सैजल प्रदेश में शूटिंग की अपार संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज बनाने का प्रयास किया जाएगा

सैजल ने इस खेल के प्रति युवाओं के रूझान पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है